उच्च पदस्थ सूत्रों के हवाले से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचन्द गहलोत कृषिमंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री जितेन्द्र सिंह इस समूह के सदस्य हैं

पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी न्यायालय ने केन्द्र सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार को भी इस मामले में नोटिस जारी किया है प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने महाधिवक्ता वेणुगोपाल की उस दलील को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि इस मामले में नोटिस जारी करने की जरूरत नहीं है न्यायालय ने यह भी कहा कि इस मामले की सुनवाई अक्टूबर के पहले हफ्ते में की जाएगी

पार्टी के वरिष्ठ नेता और सुचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने आज नई दिल्ली में कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी का कश्मीर पर दिया गया बयान देश के दुश्मनों को मदद पहुंचा रहा है जिसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए

इससे पहले नई दिल्ली में कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि पाकिस्तान को कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र में याचिका दायर करने की बजाय पाक अधिकृत कश्मीर गिलगित हुंजा और बाल्टीस्तान में हो रहे मानवाधिकार हनन के बारे में विश्व को बताना चाहिए श्री सुरजेवाला ने पाकिस्तान द्वारा संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर पर दायर याचिका का हवाला दिया जिसमें राहल गांधी का नाम शामिल किया गया है राहुॅल गांधी ने भी ट्वीट कर कहा कि वे एन डी ए सरकार से कई मुद्दों पर असहमत हैं लेकिन कश्मीर मामले पर वे स्पष्ट हैं कांग्रेस नेता ने कहा कि जम्मू कश्मीर में हिंसा है यह हिंसा पाकिस्तान प्रायोजित और समर्थित है जिसे पूरी दुनिया आतंकवाद समर्थक के रूप में मानती है

आज नई दिल्ली में पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो बी पी आर डी के स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने यह बात कही

शाह ने भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता में आवश्यक परिवर्तनों के लिए देशव्यापी चर्चा की आवश्यकता पर जोर दिया गृहमंत्री ने कैदियों के प्रति जेलकर्मियों के व्यवहार में भी बदलाव की आवश्यकता पर जोर दिया श्री शाह ने कहा कि पुलिस बल को मजबूती प्रदान करने में बी पी आर डी की महत्वपूर्ण भूमिका है

बैठक के बाद श्री बिरला ने संवाददाताओं से कहा कि सभी विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद समापति इस बात पर एकमत हैं कि ये सदन लोकतंत्र के मंदिर हैं और जनता के प्रति उनकी जवाबदेही है सदन में कानून बनाते समय सार्थक चर्चा हो लेकिन किसी भी कारण से सदन बाधित नहीं हो और कार्यवाही में कोई व्यवधान नहीं डाला जाए उन्होंने कहा कि इस बारे में विधानसभा अध्यक्षों और विधानपरिषद सभापितयों की एक समिति बनाने का फैसला हुआ है जो सभी पक्षों से व्यापक विचार विमर्श करके देहरादून में होने वाले पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के दौरान एक रिपोर्ट पेश करेंगी और इस बारे में अंतिम फैसला लिया जाएगा

इस बार भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयआई की बागी और निर्दलीय प्रत्याशी पृजा वर्मा अध्यक्ष निर्वाचित हई है उपाध्यक्ष पद पर एनएसयूआई की प्रियंका मीणा तथा महासचिव पद पर एनएसयूआई के महावीर गूर्जर विजयी हुए प्रदेश में छात्रसंघ चुनावों में कई जगह एनएसयुआई और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के प्रत्याशियों ने बाजी मारी हैं वहीं झुंझुनू और अलवर में कई जगह एसएफआई के प्रत्याशियों ने बाजी मारी है

बैठक में मुख्य सचिव डी बी गुप्ता ने कहा कि ग्रामीण विकास अल्पसंख्यक मामले विभाग तथा अन्य विमाग जो योजनाओं का कियान्वयन करते हैं वे सम्मिलित रूप से योजना प्रारूप तैयार करें

ब्रंदी जिले के छप्पनपूरा गांव में दो महिलाओं की करंट लगने से मौत हो गई

श्रीगंगानगर के सादुलशहर में कृषि विभाग की आत्मा योजनान्तर्गत किसान गोष्ठी आयोजित की गयी

बीकानेर के छतरगढ के पास रामदेवरा जा रहे पैदल यात्रियों की सांप काटने से मौत हो गई

बूंदी की जिला प्रभारी सचिव मुग्धा सिन्हा ने जिले के विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा की

बूंदी के सथूर में पैंथर का आतंक बना हुआ है

वहीं उदयपुर में लगातार दो दिन से हो रही बारिश के कारण आम जनजीवन को भारी परेशानी हो रही है